नितिन गडकरी दुर्ग केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी परसों दस सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौर पर आ रहे हैं इस दौरान वे भिलाई चरोदा में आयोजित कार्यक्रम में रायपुर दुर्ग बायपास मार्ग चार फ्लाईओवर और राजधानी रायपुर के टीटीबंध चौराहे पर बनने वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे इसके अलावा श्री गडकरी आरंग सरायपाली मार्ग और रायपुर दुर्ग मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का भी लोकार्पण करेंगे

मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण की बैठक में यह जानकारी दी गई बैठक में बायोफ्यूल नीति को छत्तीसगढ़ में प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रदेश में बायोडीजल संयंत्र प्रयोगशाला और दुर्ग जिले में बायोफ्यूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई मुख्य सचिव ने बायोफ्यूल उद्योगों की स्थापना के लिए अन्य राज्यों की उद्योग नीति का अध्ययन करने और निर्धारित दर पर बायोप्यूल उत्पादों की खरीदी बिक्री सुनिश्चित करने कहा बैठक में बताया गया कि भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और राज्य शासन द्वारा बायोफ्यूल उत्पादन प्लांट की स्थापना की जाएगी बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के कार्यकारी संचालक अंकित आनंद ने बताया कि राष्ट्रीय जैव ईधन नीति का राज्य में प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है खेलो इंडिया राठौड़ खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि खिलाड़ियों का करियर छोटा होता है इसलिए उनकी आर्थिक आवश्यकताओं का ध्यान रखे जाने की जरूरत है श्री राठौड़ ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि युवा खिलाड़ियों को असाधारण प्रदर्शन के लिए अपने जीवन का बेशकीमती समय देना होता है इसलिए उनकी उचित क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए खेल मंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को हरसंभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है केंद्र सरकार एथलीटों के प्रशिक्षण यात्रा कोच और वैज्ञानिक सहायता पर खास जोर दे रही है प्रधानमंत्री जी ने ओलंपिक टास्क फोर्स बैठाई उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो एक्सपर्टस हो इस इंड्रस्ट्री के वो एक्सपर्टस चयन करें खिलाड़ियों का और फिर उन्होंने कहा कि इनकी जो कोचिंग है जो देश विदेश में आप कराते हैं इनके हवाई ट्रेवल लोकल ट्रेवल सब आप कवर करते हैं लेकिन इनका जो जेब खर्च होता है इसको भी कवर करिए

कर्नल राठौर ने कहा कि आने वाले दिनों में खेलो इंडिया कार्यक्रम के शानदार परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाए देंगे बड़े योजनाबद्व तरीके से इसके ऊपर काम हो रहा है ये तो शुरू से लगातार और हमे पूरा विश्वास है कि अब जब खेलो इंडिया जैसी स्कीम अगले दस साल चलेगी तो आप देखिएगा क्या बदलाव पूरे भारत में आएगा

इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं केन्द्रीय कैबिनेट सचिव प्रदीप क्मार सिन्हा ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों र्स इस अभियान को लेकर चर्चा की कैबिनेट सचिव ने माताओं की प्रसव पूर्व देखभाल शिशुओं को र स्तनपान पूरक आहार एनीमिनिया से बचाव आहार लड़कियों की शादी की सही उम्र स्वच्छता और खाद्य सुद्र ढ़ीकरण पर आधारित ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए कार्यशाला केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त तत्वावधान में पूर्वी भारत में चावल की पड़त भूमि पर दलहन और तिलहन उत्पादन की रणनीति विषय पर आज रायपूर में कार्यशाला का आयोजन किया गया इस कार्यशाला में पूर्वी भारत के आठ राज्यों छत्तीसगढ़ सहित असम पश्चिम बंगाल ओड़िशा बिहार झारखण्ड उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के प्रतिनिधि शामिल हुए मुख्य सचिव अजय सिंह ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में धान की फसल के बाद पड़ती भूमि पर रबी में दलहन और तिलहन फसलें उगाये जाने की असीम संभावनाएं हैं विगत दो वर्षो से इस पड़ती भूमि पर रबी में दलहन और तिलहन फसलें उगाये जाने के अच्छे परिणाम मिले हैं श्री सिंह ने उम्मीद जताई कि इस योजना के आशानुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और छत्तीसगढ़ दलहन और तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा माओवादी गिरफ्तार सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने एक स्थायी वारंटी सहित उन्नीस माओवादियों को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रूप डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने केरलापाल इलाके के रबड़ीपारा से इन माओवादियों को पकड़ा इन माओवादियों को जगदलपुर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया पुलिस ने दावा किया है कि ये माओवादी बीते एक सितंबर को केरलापाल इलाके में हए आईईडी विस्फोट की घटना में शामिल थे उल्लेखनीय है कि इस विस्फोट में एक जवान शहीद हो गया था जबकि तीन अन्य जवान घायल हो गए थे वहीं बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने तीन वारंटी माओवादियों को गिरफ्तार किया है पकड़े गए माओवादियों पर लूटपाट हत्या का प्रयास और आगजनी की घटनाओं में शामिल होने का आरोप है मुक्तांजलि शव वाहन प्रदेश में गरीब परिवार के व्यक्ति की मृत्यु होने पर शव को निःशुल्क और ससम्मान उनके घर तक पहंचाने के लिए मुक्तांजलि निःशुल्क शव वाहन योजना शुरू की गई है इसके तहत टोल फ्री नंबर एक शुन्य नौ नौ डॉयल करने पर सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क शव वाहन की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने इस योजना के तहत रायपुर में साठ शव वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया अधिकारियों ने बताया कि इन शव वाहनों में मृतक के परिजनों की सुविधा के लिए चालक और केबिन की अलग अलग व्यवस्था की गई है विस चुनाव मतदाता जागरूकता प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिव्यांगजन कृष्ठ प्रभावित और थर्ड जेंडर मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा इसके लिए स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग में पंजीकृत एनजीओ की मदद भी ली जाएगी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने संबंधित विभागों और स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सुगम सुध्घर और समावेशी थीम दी है दिव्यांगजन कुष्ठ प्रभावित और थर्ड जेंडर मतदाताओं के रिहायशी क्षेत्रों में ईव्हीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन करने के साथ ही मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा दुर्घटना बेमेतरा जिले में आज दो मोटरसाइकिल के बीच हुई भिडंत में पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग मोटरसाइकिल में सवार होकर खम्हरिया से उमरिया दाढ़ी गांव जा रहे थे इसी दौरान बेमेतरा कवर्धा मार्ग पर ग्राम बेरामोड़ के पास दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई इस हादसे में पति पत्नी और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पांच माह के बच्चे को खरोच तक नहीं आई वहीं दूसरी मोटरसाइकिल में सवार तीन अन्य लोग घायल हो गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है यूनेस्को ने सत्रह नवंबर उन्नीस सौ पैंसठ को पूरी दुनिया में आठ सितंबर के दिन को साक्षरता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी पहली बार यह दिवस उन्नीस सौ छियासठ में मनाया गया था साक्षरता दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी अनेक आयोजन किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर जनता को बधाई दी हैं डॉक्टर सिंह ने अपने संदेश में कहा है कि किसी भी राज्य और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में साक्षरता और शिक्षा की बहत बड़ी भूमिका होती है साक्षरता और शिक्षा से ही विकास के दरवाजे खुलते हैं उन्होंने खुशी जताई कि केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं से छत्तीसगढ़ में भी नई पीढ़ी के लिए शिक्षा के व्यापक अवंसर विकसित हुए हैं और साक्षर भारत कार्यक्रम को भी अच्छी सफलता मिली है रमन के गोठ मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता रमन के गोठ का प्रसारण कल सुबह पौने ग्यारह बजे से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे इसी दिन रात आठ बजे कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से किया जाएगा दूरदर्शन के रायपुर केन्द्र और राज्य में स्थित एफ एम रेडियो स्टेशनों से भी कल सुबह पौने ग्यारह बजे से ग्यारह बजकर पांच मिनट तक रमन के गोठ कार्यक्रम सुना जा सकेगा जिले की चिटठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा